मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने शिमला में कल हिम प्रगति पोर्टल के तहत विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में यह बात कही

बाल्दी ने कहा कि राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है निष्कासन भाजपा ने पच्छाद और धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने और नियमों का उल्लंघन करने पर दयाल प्यारी और राकेश चौधरी को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे

उन्होंने कहा कि सेवाहर्ता मतदाताओं कर्क लिए ई पोस्टल बैलेट वैबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं

इस अवसर पर शिमला के रिज मैदान पर एक सौ आठ कन्याओं का भव्य पूजन कार्यकम आयोजित किया जाएगी उपायुक्त अभित कश्यप ने बताया कि इसका उदेश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत समाज में बेटियों को सम्मान देना है नवरात्र के चलते इन दिनों प्रदेश सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शक्तिपीठों और विभिन्न मंदिरों मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं

इसी कड़ी में विभिन्न स्थानों पर पूर्व जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

दैनिक जागरण का शीर्षक है पहाड़ों पर बर्फबारी पांगी का संपर्क कटा दैनिक भास्कर लिखता है सात अक्तूबर तक खराब रहेगा मौसम कुल्लू के बागबानों की चिंता बढ़ी अजीत समाचार के मुताबिक चोटियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर जीएसटी चुकाने के लिए ठेकेदार ने लिया पांच करोड़ का कर्ज शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल सरकार नहीं कर रही है जीएसटी का भुगतान

दैनिक भास्कर ने केंद्रीय वित राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के हवाले से लिखा है त्यौहारों के मौके पर किसी को नहीं होगी पैसे की कमी अमर उजाला की एक खबर है वीरमद्र सरकार में पोल खरीद घोटाले फर्जी पौधरोपण की होगी विजिलेंस जांच

इसी समाचार पत्र के अनुसार भाजपा ने बागी दयाल प्यारी व राकेश चौधरी को किया निष्कासित